पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा जलवायु परिवर्तन पर होने वाली मैड्रिड बैठक के दौरान भारत विकसित देशों से सस्ती लागत पर स्वच्छ प्रौद्योगिकी और आसान ऋण की रखेगा मांग

उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और उत्तर प्रदेश पंजाब हरियाणा व दिल्ली सरकार को तीन महीने के भीतर पर्यावरण सम्बंधी मसलो पर विस्तृत योजना तैयार करने का दिया निर्देश

यह सम्मेलन राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किया जा रहा है इसका आयोजन हिमाचल सरकार कर रही है इसका उद्देश्य राज्य में निवेशको को आकर्षित करना और रोजगार के अवसर पैदा करना है इस सम्मेलन में सोलह देशों के राजदूत और दो सौ नौ विदेशी प्रतिनिधि सहित स्थानीय व्यवसायी भाग ले रहे हैं राज्य सरकार ने इस दो दिवसीय सम्मेलन में पचासी हजार करोड़ रूपये के समझौते का लक्ष्य रखा है केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने गुरु नानक देव जी की पांच सौ पचासवीं जयंती के अवसर पर कल पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि गुरु नानक देव भारत के सबसे लोकतांत्रिक आध्यात्मिक नेताओं में एक हैं श्री नायडू ने कहा कि पहले सिख गुरु की सीख को जीवन में आत्मसात् किया जाए तो शांति तथा सतत विकास की नयी दुनिया बन सकती है पंजाबी में अपना संबोधन शुरू करते हुए श्री नायडू ने कहा कि विशेष सत्र में हिस्सा लेते हुए उन्हें प्रसन्नता हो रही है आज मैनू भारत दे महान संत गुरू नानक देव जी दे पंच सौ पंजावे प्रकाश पर्व दी याद मनावन विच बुलाये गये पंजाब विधानसभा दे विरोष समागम विच शामल होक बड़ी खुशी हो रही है

उन्होंने कहा कि सिख पंथ के संस्थापक का दृष्टिकोण समय काल से परे है और पांच शताब्दी पहले उसकी जितनी अहमियत थी आज भी उतनी ही प्रासंगिकता है गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि गुरू नानक देव जी के पांच सौ पचासवें प्रकाश पर्व पर करतारपुर गलियारे के उद्घाटन के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाखों लोगों के लम्बे समय के संजोए सपनों को साकार किया एक ट्वीट संदेश में श्री शाह ने कहा कि यह कॉरीडोर एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जिसे श्रद्वालुओं की पीढियां याद रखेंगी उन्होंने कहा कि यह भारत की समृद्व विरासत को संरक्षित करने और गुरू नानक देवजी के ज्ञान को सार्वभौगिक बनाने के लिए नरेन्द्र मोदी सरकार की प्रतिबद्वता को दर्शाता है केन्द्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन पर होने वाली मैड्रिड बैठक के दौरान भारत विकसित देशों से सस्ती लागत पर स्वच्छ प्रौद्योगिकी और आसान ऋण की मांग रखेगा ढाका में कल दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम की संचालन परिषद की पन्द्रहवीं बैठक के बाद आकाशवाणी के विशेष संवाददाता को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि दक्षिण एशियाई सदस्य देशों के साथ जिन विषयों पर चर्चा हुई उनमें प्लास्टिक कचरा प्रबंधन जैव विविधता और पर्यावरण से जुड़े मुद्दे प्रमुख थे इस मेनेजमेंट को मरीन लीटर होप बॉय डायवर्सिटी होप उसके लिए शासकीय प्रयास भी करने पड़ते हैं और जनता का सहभाग भी लेना पड़ता है तो जनता को समझाना उनका सहभाग सुनिश्चित करना और उनकी आदते बदलना ये बड़ा चौलेंजिंग काम है और वो करने के लिए सभी देश अपने अनुभव साझा करें

श्री योगी ने कल लखनऊ में नमामि गंगे परियोजना से जुड़े कार्यो की समीक्षा बैठक की उन्होंने परियोजना से जुड़े कार्यो में देरी करने वाले ठेकेदारों और अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि नमामि गंगे परियोजना में नियुक्त किए जाने वाले मिशन डायरेक्टर परियोजना स्थलों का दौरा कर गुणक्ता जांच करेंगे और कार्यों को समयबद्व ढंग से पूरा भी कराएंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि बरेली आगरा गाजीपुर और मथुरा में इस परियोजना के तहत जुलाई माह से कार्य लवित पड़े हैं इसके लिए सिंचाई विभाग के एक्स ई एन और चीफ इंजीनियर को नोटिस मेजकर तीन दिन में जवाब मांगा जाए श्री योगी ने बैठक में अधिकारियों को वाराणसी में मंगलवार से शुरू होने वाली देव दीपावली से पहले वहां के सभी घाटों का कार्य पूरा करने के भी निर्देश दिए प्रसार भारती के अध्यक्ष डॉक्टर ए सुर्यप्रकाश ने कहा है कि मीडिया को जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में काम करने पर ध्यान देना चाहिए कल कोलकाता में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मीडिया कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मीडिया को शौचालय पीने के साफ पानी परिवहन गैस कनेक्शन जैसी आम लोगों की बुनियादी जरूरतों पर ध्यान देना चाहिए उन्होंने कहा कि इन आवश्यकताओं को पूरा करने में विज्ञान और तकनीक की अहम भूमिका है वैज्ञानिकों और मीडिया कर्मियों के बीच दूरी को कम करने की आवश्यकता है नये भारत के निर्माण में हमारी आकांक्षा के संदर्भ में यह और भी आवश्यक है मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सम्मेलन में अलग अलग परिप्रिय से भारत ही नहीं बल्कि अन्य देशों के प्रतिनिधि भी आए हैं डॉ सूर्य प्रकाश ने कहा कि सरकारी योजनाएं लोगों तक किस तरह पहुंच रही हैं इसका अध्ययन भी मीडिया को गहराई से करना चाहिए उन्होंने लोगों में वैज्ञानिक सोच पैदा करने की जरूरत पर भी जोर दिया उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और उत्तर प्रदेश पंजाब हरियाणा व दिल्ली सरकार को भी निर्देश दिया है कि वे पर्यावरण संबंधी मसलों पर गौर करने के लिए तीन महीने के भीतर विस्तृत योजना तैयार करें पीठ ने तीनों राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे छोटे और मझौले किसानों को पराली न जलाने के लिए सात दिन के भीतर एक सौ रुपया प्रति क्विंटल की दर से सहायता भी दें शीर्ष न्यायालय ने दिल्ली में भीषण वायू प्रदूषण की रोकथाम में विफलता के लिए अधिकारियों को फटकार भी लगाई न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता में दो न्यायाधीशों की पीठ ने व्यवस्था दी कि अगर अधिकारी जनता की परवाह नहीं करते तो उन्हें पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वे किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए उत्तर प्रदेश पंजाब और हरियाणा के किसानों को पराली के निपटान के उपकरणों के वितरण में प्राथमिकता दें श्री मोदी ने कल प्रगति मंच के माध्यम से इकत्तीसवें संवाद सत्र की अध्यक्षता की और सोलह राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की इकसठ हजार करोड़ रुपये लागत की नौ परियोजनाओं की समीक्षा की एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि बैठक में राष्ट्रीय कृषि बाजार और आकांक्षी जिला कार्यक्रम पर भी चर्चा हुई केन्द्रीय उपमोक्ता कार्य खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने देशभर में प्याज की उपलब्धता और कीमतों की स्थिति की कल नई दिल्ली में समीक्षा की सचिव उपमोक्ता मामले और सचिव खाद्य तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी के कारणों और इसकी रोकथाम के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा हुई बाद में श्री रामविलास पासवान ने कहा कि सरकार कीमतों में बढ़ोतरी की रोकथाम के लिए सभी संभव कदम उठा रही है पत्र सुचना कार्यालय भारत सरकार लखनऊ द्वारा आहत अंतर माध्यम वैक्तिक समन्वय समिति आईएमपीसीसी की बैठक में सभी सरकारी कार्यालयों में प्लास्टिक का प्रयोग बंद करने और उसकी जगह बेहतर विकल्प तलाश करने पर चर्चा की गई बैठक में स्टेट बैंक डाक शिपिंग उद्योग दूरदर्शन आकाशवाणी लोक सम्पर्क ब्यूरो सहित केन्द्र सरकार के कई विभागों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया